प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए किसी भी गुंजाइश को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है उन्होंने कहा कि दोनों देश सभी आपसी मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं और उन्हें हल कर सकते हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि दोनों पड़ोसी देश अपनी समस्याओं पर चर्चा कर सकते हैं और उनका समाधान निकाल सकते हैं अमरीकी राष्ट्रपति डॉनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कश्मीर का मुद्दा द्विपक्षीय है और दोनों देशों को इसे आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि दोनों देश ऐसा कर सकते हैं बातचीत के बारे में विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और डॉनाल्ड ट्रंप के बीच कश्मीर पर कोई बात नहीं हुई उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ भी कश्मीर पर बात नहीं हुई उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतेरेस के साथ हई बातचीत मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सतत भविष्य के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग को समाप्त करने जल संरक्षण सौर ऊर्जा संरक्षण और वनस्पतियों के संरक्षण के क्षेत्र में भारत के लगातार प्रयासों की जानकारी दी वे फ्रांस के बियारेत्ज में जी सेवन शिखर सम्मेलन में पर्यावरण पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जैव विविधता जलवायु परिवर्तन और समुद्र में फैले कचरे जैसी वैश्विक चुनौतियों पर बल दिया गया केंद्र सरकार की विकास परियोजनाओं को लागू करने के लिए क्षेत्रों की पहचान करने को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का एक दल आज कश्मीर के दो दिन के दौरे पर जा रहा है

यह दल क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक विकास परियोजनाओं की संभावनाओं के बारे में एक व्यापक रिपोर्ट भी तैयार करेगा

कल नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा कि एक महीने का यह अभियान एक सितम्बर से शुरू होगा

छात्रसंघ चुनाव के लिये मतदान दोपहर एक बजे तक चलेगा मतगणना कल होगी छात्रसंघ चुनाव के लिये प्रशासन ने विशेष व्यवस्थायें की है जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय और सम्बद्ध कॉलेजों में सुरक्षा के कडे इंतजाम किये गये है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने होमगार्ड भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है राज्य सरकार के इस निर्णय से काफी समय से खाली पडी होमगार्ड की रिक्तियों को भरा जा सकेगा इस भर्ती से पुलिस प्रशासन को यातायात प्रबन्धन कानून व्यवस्था निर्वाचन रात्रि गश्त आदि से सम्बन्धित आवश्यकताओं में सहयोग के लिए शहरी ग्रामीण एवं सीमा क्षेत्रों में वांछित होमगार्ड उपलब्ध हो सकेंगे सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कल चित्तौडगढ में किसानों को ऋण माफी प्रमाणपत्र प्रदान किये

रिजर्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड ने कल पूर्व गवर्नर विमल जालान की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने के बाद ये फैसला लिया

सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में फिलहाल तनावपूर्ण शांति बनी हुई है पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाये हुए है प्रशासन की ओर से बातचीत और समझाइश के प्रयास लगातार जारी है इस बीच पुलिस ने कल फ्लेग मार्च निकाला हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र में निषेधाज्ञा तीन दिन के लिये बढा दी गई है गौरतलब है कि रविवार को विष्व हिद् परिषद की रैली पर पथराव से उपजे तनाव के बाद क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी है और इंटरनेट सेवाएं बद हैं

ये जिले हैं बांसवाडा बारां ब्रंदी भीलवाडा चित्तौडगढ झालावाड कोटा और राजसमंद